प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे बातचीत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

आज देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ई इपीक एप लॉन्च करेगा इस बार जुड़े नये मतदाता जिनका मतदाता सूची में मोबाइल नंबर लिंक है वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर ई इपीक एप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी सभी मतदाता एक फरवरी से अपने मोबाइल पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और चुनाव आयोग के पोर्टल में मोबाइल नंबर लिंक कर ई इपीक डाउनलोड कर सकते हैं ई इपीक संपूर्ण देश में मान्य है उधर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देशभर के मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जायेगी और चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा इधर राजधानी रांची में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी

इनमें सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव प सिंहभूम जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल रांची उपायुक्त छवि रंजन बोकारो के अपर समाहर्ता विजय कुमार गुप्ता पोटका विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नंद किशोर लाल भवनाथपुर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जयवर्द्धन कुमार देवघर के उपनिर्वाचन पदाधिकारी विशालदीप खलखो सरायकेला खरसावां की उपनिर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह और राज्यपाल सचिवालय में अवर सचिव श्वेता गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी हैं

सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार असाधारण योग्यता और नवाचार स्कूली उपलब्धि खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्रदान कर रही है

इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा होने के बावजूद एक है वे कल इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में परेड में प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपके कदम ताल से देशवासियों में जोश भर जाता है उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हमसब की मंजिल है श्री मोदी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के हर कोने में मजबूत और प्रकट हो रही है उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर एक बार फिर से जोर देते हुए कहा कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से और मजबूत होगा श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका विकसित कर अपना कर्तव्य प्ररा किया है अब हमें झूठ तथा अफवाह फैलाने वाले हर नेटवर्क को सही सूचना के जरिये परास्त कर अपना कर्तव्य पूरा करना है उन्होंने कहा कि कोविड के समय में भी एनसीसी कैडेट्स द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है

यह संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा

सभी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल मेडल प्रदान करेंगी श्री गुप्ता को यह पुरस्कार कोल्हान के सबसे बड़े नक्सली संदीप को गिरफ्तार करने के लिए दिया जा रहा है पुलिस अधिकारी अनीश गुप्ता और आरक्षी राजू सोय को पुलिस वीरता पदक दिया जायेगा वहीं धनबाद के नंदकिशोर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक दिया जायेगा

झारखंड में कोरोना के नये मरीजों का मिलना जारी है

राज्य में स्वस्थ होने की दर अंठानबे दशमलव चार शून्य प्रतिशत है

श्री सोरेन कल बरहेट में विद्युत ग्रिड सब स्टेशन और पाक्ड में विद्युत संचरण लाइन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि साहिबगंज का बरहेट प्रखंड पिछड़े इलाके में आता है तथा कई मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकी हैं इसे देखते हुए राज्य सरकार ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समस्याओं को चिन्हित किया है अब साहिबगंज में विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी उन्होंने कहा कि बरहेट को अनुमंडल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है राजधानी रांची में विकसित हो रही स्मार्ट सिटी में धनबाद जिले के निवेशकों के ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में इनवेस्टर समिट का आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम में डेवलपर्स रियल एस्टेट शैक्षणिक संस्थान मॉल अस्पताल होटल इत्यादि क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं ई ऑक्शन की पूरी जानकारी रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है

रामगढ़ जिले में विभिन्न कोल परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा संबंधी शिकायतों के निष्पादन के लिए कोयला मंत्रालय की ओर से गठित ग्रीवांस रिड्रेसल मेकैनिज्म सेल की बैठक हुई विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में कोचिंग संस्थान तथा सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि बाजार विद्यालय और महाविद्यालय खुल गये हैं और अब कोचिंग संस्थान और सिनेमाघरों को भी खोल देना चाहिए श्री राय ने कहा कि कोचिंग संस्थानों और सिनेमा घरों से राज्य में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के बाद पांच दस और सौ रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को फर्जी बताया है स्पष्ट किया गया है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है द्मका जिले के शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित पुलिस इंद्रजीत कुमार सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गयी वह गोड्डा के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे

शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा गया है अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने राज्यभर में पांच हजार पांच सौ किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाये जाने के सरकार के निर्णय को पहले पेज पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने झारखंड में सामान्य वर्ग के बच्चों को भी छात्रवृत्रि देने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है रेल मंत्रालय को मार्च तक सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलने की आस शीर्षक से दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है गणतंत्र दिवस पर रांची के पूर्व एसएसपी समेत राज्य के कई पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किये जाने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पेज पर जगह दी है पूर्वोत्तर में हुआ उग्रवाद की समाप्ति का आरंभ शीर्षक से रांची एक्सप्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे में दिये गये बयान को पहले पेज पर जगह दी है दैनिक जागरण लिखता है मंत्रियों ने कहा पारा शिक्षक शीघ्र होंगे स्थायी लागू करायेंगे कमेटी की अनुशंसा